वनवासी रोजगार वनवासियों को स्थाई आजीविका के अवसर उपलब्ध कराने और उनकी आर्थिक रिथति बेहतर करने के लिए राज्य शासन ने विशेष कार्य योजना तैयार की है इसके अंतर्गत वन और ग्रामीण विकास विभाग के सहयोग से बिगड़े बांस वनों का सुधार और संरक्षण किया जायेगा

इसके माध्यम से डेढ़ हजार से अधिक वनवासी परिवार लाभान्वित होंगे

इससे पहले यह सीमा आज समाप्त हो रही थी यह आठवां अवसर है जब केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने व्यक्तियों के लिए पैन को आधार से जोड़ने की अंतिम तारीख बढ़ाई है नववर्ष तैयारी कड़कड़ाती सर्दी में प्रदेश के विभिन्न जिलों में लोग नये वर्ष की पूर्व संध्या को गर्मजोशी के साथ मनाने की तैयारियों में व्यस्त हैं भोपाल शहर के प्रमुख आयोजन स्थलों में जहां सांस्कृतिक आयोजनों और मेलों की धूम मची हुई है वहीं प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों पर भी पर्यटन प्रेमी उत्साहपूर्वक नववर्ष मनाने को तैयार है उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर इंदौर के खजराना गणेश खंडवा के दादाजी ध्रनीवाले मंदिर टीकमगढ़ जिले के कुंडेश्वर मंदिर सहित प्रदेश के अन्य धार्मिक स्थलों पर दर्शन के लिए लोगों की भीड़ उमड़ रही है भोपाल इंदौर ग्वालियर जबलपुर सहित अन्य शहरों के प्रमुख होटलों और रेस्तरा में भी कई तरह के गीत संगीत और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन किये जा रहे हैं इन आयोजनों में शामिल होने के लिये युवाओं और बच्चों में विशेष उत्साह देखा जा रहा है पर्यटन और संस्कृति विभाग के साथ साथ नगर निगम ने आज भोपाल में बड़े तालाब के किनारे बोट क्लब पर जश्न ए भोपाल के नाम से एक आयोजन किया है उधर शिवपुरी से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले में नववर्ष मनाने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक पहुँचे हुए हैं मौसम प्रदेश में आसमान साफ रहने नमी में कमी होने और उत्तर से चल रही हवाओं के कारण इन दिनों कड़ाके की सर्दी पड़ रही है कई जिलों में शीतलहर का असर है

सागर रीवा शहडोल जबलप्र अनूपप्र शिवप्री मुरैना ग्वालियर चंबल उज्जैन और भोपाल संभाग में शीतलहर रही जबकि कई संभागों में कहीं कहीं तीव्र शीतलहर का असर रहा तो कुछ संभागों में घना कोहरा छाया रहा शीतलहर और कोहरे की वजह से आम जन जीवन और आवागमन प्रभावित हुआ कृषि विभाग ने किसानों को सलाह दी है कि वे खेतों में हल्की सिंचाई करें और कचरे को जलाकर धुंआ करें इसके अलावा उद्यानिकी फसलों और सब्जियों की फसल को भूसे से ढ़कने का सुझाव दिया गया है

इसमें प्रदेश और अन्य राज्यों के कारीगर अपने हस्तशिल्प उत्पादों का विक्रय और प्रदर्शन करेंगे

यहां पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों को अलावा वॉटर स्पोटर्स की गतिविधियां आयोजित की जायेगी